उम्मीदवार कल तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे

नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा

गौरतलब है कि प्रदेश में पंच और सरपंच के पदों के लिए चार चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक में कल यह जानकारी दी गई श्री डोटासरा ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान रेस्मा लागू रहेगा परीक्षाओं के अंतर्गत जिलों में तहसीलवार उड़नदस्तों का गठन किया जाएगा

श्री डोटासरा ने शाला दर्पण पोर्टल पर विशेष मोड्यूल बालिका शिक्षा प्रोत्साहन का श्भारंभ किया इसके जरिए अब प्रदेश की बालिकाएं गार्गी और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भर सकेंगी

भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समर्थन के लिए चलाये जा रहे जनजागरण अभियान के तहत कल जयपुर में पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनियां ने कहा कि देश में सैनिकों को एक विशेष तरीके का सम्मान दिया जाता है श्री पूनियां ने नागरिकता संशोधन कानून पर पूर्व सैनिकों से आहवान किया कि समाज के हर तबके में जाकर कानून की वास्तविकता के बारे में लोगों को जानकारी दी जाये उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश से आये विस्थापित शरणार्थियों को भारत की जमीन पर रहने के लिए नागरिकता देने का कार्य किया है और उनको इज्जत और सम्मान दिया है जो प्रशंसनीय है जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे राज्य खेलों का कल समापन हुआ

जोधपुर ने दूसरा और सीकर ने तीसरा स्थान हासिल किया समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने जयपुर को ट्रॉफी भेंट की